इस दौरान विधायक अगले वित्त वर्ष की योजनाओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे आज सुबह के सत्र में चंबा सिरमौर व ऊना जिले के विधायकों की बैठक होगी जबकि शाम के सत्र में मंडी कुल्लू और बिलासपुर जिले के विधायक अपने अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताओं पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे अन्य छह जिलों के विधायकों की बैठक कल होगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण हुई तबाही पर दुःख प्रकट किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश के लोग उत्तराखंड के साथ खड़े हैं इस बीच चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश में भी ग्लेशियरों और कृत्रिम झीलों वाले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कॉलेज खुले प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में आज से नियमित तौर पर कक्षाएं शुरू हो रही हैं इसके लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं कालेजों में कक्षाएं लगाने के लिए माइको प्लान बनाए गए हैं अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले कालेजों में दो सत्रों में या एक दिन छोड़कर कक्षाएं लगाई जाएंगी कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत विद्यार्थियों व शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा इसके अलावा कॉलेज गेट पर विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी इस बीच मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के स्कूल भी आज से खुल जाएंगे भेंट हमीरपुर जिला के बड़सर निर्वाचन क्षेत्र की नगर पंचायत भोटा के नवनिर्वाचित सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे क्षेत्र के लोगों की आशाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता और निष्ठा से कार्य करेंगे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

आपका फैसला के शब्द हैं पालमपुर को नगर निगम का दर्जा देने के खिलाफ थे कुछ नेता दैनिक भास्कर की एक खबर है बिलासपुर भानुपल्ली रेल लाइन विस्तार को भूमि अधिग्रहण का काम जून तक पूरा करने का लक्ष्य

दैनिक जागरण के अनुसार कॉलेजों में आज से लगेंगी नियमित कक्षाएं मंडी जिला के दवाड़ा में चलती कार पर गिरी चट्टान पति की मौत पत्नी घायल संबंधी खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है हर पंचायत को साल में करने होंगे पांच नए काम शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सरकार ने प्रोजेक्ट कार्यों से हटकर पंचायतों को दिया नया टारगेट अमर उजाला की एक खबर है चमोली में सिरमौर के जीत ठाकुर टनल के अंदर फंसे ऋषित कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर डीजीएम हैं कार्यरत दैनिक जागरण के शब्द हैं चमोली हादसे के बाद हिमाचल के बांधों व नदियों में अलर्ट दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल उत्तराखंड के लोगों के साथ

नमस्कार